राज्यपाल सारकेगुड़ा बस्तर से आदिवासी समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल अनुसुईया उइके से भेंट कर सारकेगुड़ा के दोषियों और उनको सरंक्षण देने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और मंत्री कवासी लखमा की अगुवाई में पहुंचे इस प्रतिनिधिमंडल में विधायक लखेश्वर बघेल देवती कर्मा चंदन कश्यप राजमन बेंजाम और अनूप नाग सहित कई अन्य विधायक शामिल थे

द्रसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट के तथ्यों की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने इस फर्जी इंकाउंटर मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गौरतलब है कि सारकेग्रड़ा मुठभेड़ की जांच के लिए गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मारे गए लोगों के माओवादी होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हितग्राहियों को देशभर में कहीं से भी राशन खरीदने की सुविधा उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है यह जानकारी केंद्रीय उपभोक्ता मामलों खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान दी मंतूराम वॉयस सैंपल अंतागढ़ टेपकांड मामले में मुख्य आरोपी मंतूराम पवार ने आज रायपूर में जांच एजेंसी एसआईटी के समक्ष अपना वॉयस सैंपल दिया बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए मंतूराम पवार ने स्वीकार किया कि चुनाव से नाम वापस लेने संबंधी जो टेप सामने आया है उसमें उन्हीं की आवाज है साथ ही मंत्राम ने यह दावा भी किया कि टेप में उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी बातचीत कर रहे हैं मंतूराम ने मांग की कि टेप में जिनकी भी आवाज है उनका वॉयस सैंपल लिया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके द्रसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि अंतागढ़ टेपकांड मामले में जो लोग शामिल हैं उन्हें अपना वॉयस सैंपल जांच एजेंसी को देना है या नहीं यह उनके विवेक पर निर्भर करता है चिटफंड कंपनी कार्रवाई प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने पुलिस अधीक्षकों को चिटफण्ड कंपनियों के संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने आज वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली इस दौरान बताया गया कि राजनांदगांव में चिटफण्ड कंपनी के संचालक प्रेम देवांगन की संपत्ति कुर्क कर सात करोड़ इकसठ लाख रूपये से अधिक की राशि शासन के खाते में जमा कर दी गई है उक्त राशि निवेशकों को जल्द ही लौटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है श्री अवस्थी ने निर्देश दिए कि चिटफण्ड कंपनियों के एजेंटों पर चल रहे प्रकरणों को न्यायालय के माध्यम से शीघ्र ही वापस ले साथ ही कंपनियों के संचालकों की संपत्तियां कुर्क कर निवेशकों को शीघ्र ही राशि लौटाने की प्रक्रिया शुरू की जाये विशेष टीकाकरण सप्ताह मिशन इंद्रधनुष के दूसरे चरण के तहत राज्य में भी विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है इस चरण में प्रमुख रूप से उन बच्चों को शामिल किया गया है जिनको पहले टीके नहीं लगाए गए हैं बस्तर जिले में इस अभियान के तहत दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आठ बीमारियों से बचाव के टीके लगाए जा रहे हैं

रायपुर जिले में अभियान की शुरूआत धनेली माना गुढियारी और कपसदा गांव से की गई जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल ने बताया कि इसका उद्देश्य अगले वर्ष तक सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण है अभियान में तपेदिक पोलियोमाइलाइटिस हेपेटाइटिस बी डिप्थीरिया पर्ट्सिस टिटनेस और खसरा के टीके शामिल हैं

छत्तीसगढ़ में भी अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है धमतरी में जिला स्तरीय बाल खेल स्पर्धा हुई इसमें नगरी मगरलोड और कुरूद सहित अन्य जगहों से करीब चार सौ दिव्यांग खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया पेंशन योजना प्रदेश में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन की प्रक्रिया जारी है जशपूर जिले में अब तक छह हजार से अधिक मजदूरों ने पंजीयन करा लिया है श्रम पदाधिकारी एएस पात्रे ने बताया कि योजना में पंजीयन के लिए जिले के विभिन्न गांवों में शिविर लगाए जा रहे हैं योजना में शामिल हितग्राहियों को साठ वर्ष की उम्र के बाद हर महीने तीन हजार रुपए पेंशन राशि मिलेगी पराली रोक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील के बाद अब तक द्र्ग जिले के किसानों ने ग्यारह सौ क्विंटल पैरा दान किया है पिछले दिनों मुख्यमंत्री जामगांव पहंचे थे और वहां उन्होंने किसानों से अपील की कि पैरा जलाने के बजाए इसे गौठानों में दान किया जाए इसी तरह जांजगीर चांपा जिले के धान खरीदी केंद्रों में भी खेतों में पैरा या पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है इसके लिए जिले के सभी दो सौ नौ धान खरीदी केंद्रों में नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल के प्रावधानों से संबंधित फ्लैक्स लगाए गए हैं इसमें बताया गया है कि यदि पराली में आग लगाई जाती है तो एनजीटी के प्रावधानों के तहत सजा हो सकती है साथ ही उन्हें इससे खेतों को होने वाले नुकसान से भी अवगत कराया जा रहा है स्पेशल ट्रेन शीतकालीन छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ के मद्देनजर पुरी से शिरडी के बीच साप्ताहिक स्पेशन ट्रेन चलाई जाएगी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अनुसार यह ट्रेन चार फेरों के लिए चलेगी निर्धारित समय सारिणी के अनुसार यह ट्रेन पुरी से कल चार दिसंबर और पच्चीस दिसंबर को रवाना होगी वहीं शिरडी से छह और सत्ताईस दिसंबर को चलेगी इस ट्रेन को छत्तीसगढ़ के महासमुंद रायपुर और दुर्ग स्टेशन में ठहराव दिया गया है वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के राउरकेला झारसुगड़ा बिलासपुर सेक्शन में इकतीस दिसंबर तक रखरखाव का तकनीकी कार्य किया जाएगा इसकी वजह से इकतीस दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को टाटा बिलासपुर पैसेंजर और हर शनिवार को टाटा इतवारी पैसेंजर रद्द रहेगी इसी तरह इकतीस दिसंबर तक ही हर गुरूवार और रविवार को टाटा बिलासपुर पैसेंजर भी नहीं चलेगी राज्य वक्फ बोर्ड राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलाम रिजवी ने बच्चों को मदरसे की तालिम के साथ आध्निक शिक्षा देने की जरूरत बताई है श्री रिजवी ने आज राजनांदगांव जिले के प्रवास के दौरान वक्फ संपत्तियों के रखरखाव का अवलोकन किया उन्होंने यहां की मुस्लिम कमेटियों द्वारा मस्जिद और शॉपिंग कॉम्लेक्स ही नहीं बल्कि आवासीय परिसर बनाए जाने के कार्यों की सराहना की श्री रिजवी ने कहा कि राजनांदगांव की तर्ज पर प्रदेश में वक्फ की खाली पड़ी जमीनों का इस तरीके से बेहतर इस्तेमाल किया जाए जिससे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था के साथ विकास का लाभ भी समाज को मिल सके दीक्षा ऐप राज्य के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए दीक्षा ऐप बनाया गया है इससे विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षकों को विषय वस्तु की बेहतर जानकारी मिल रही है इससे राज्य के सुद्र वनांचल क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी उनकी बोली भाषा में पाठ्य प्रस्तकें पढ़ने के लिए उपलब्ध हुई है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के संचालक पी दयानंद ने रायपुर में आयोजित उन्मुखीकरण कार्यशाला में इस बात की जानकारी दी उन्होंने बताया कि दीक्षा पोर्टल में बनाई गई ई सामग्री की एक और विशेषता यह है कि इसमें राज्य की क्षेत्रीय बोलियां हल्बी गोंड़ी सरगुजिया कुडुख और छत्तीसगढ़ी में भी ई सामग्री उपलब्ध है संक्षिप्त समाचार केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से प्याज की जमाखोरी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केन्द्र राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया पर रिपोर्ट मांगी है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने चिटफंड मामले में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक जारी रखने का आदेश दिया है इस मामले की अगली सुनवाई अब एक महीने बाद होगी राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें जल्द ही लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान कराने की व्यवस्था कराई जाएगी राजभवन में राज्यपाल से रायपुर स्थित पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों ने मुलाकात की मुख्यमंत्री के रायपुर स्थित निवास में कल बुधवार को होने वाला जनचौपाल भेंट मुलाकात का कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड में एक बिचौलिये के घर पर अवैध रूप से रखा गया अट्ठारह सौ बोरा धान जब्त किया गया है